इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्म निर्भर बनाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को ऋण वित्तीय सुविधा भी मिलेगी उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रबंधन और अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए यह कोष उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा प्रधानमंत्री ने किसानों से कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की

श्री मोदी ने इस अवसर पर अन्य राज्यों के साथ ही मध्यप्रदेश के किसानों से भी बातचीत की रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत को बढावा देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है श्री सिंह ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री ने पांच स्तभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है ये पांच स्तभ अर्थव्यवस्था आधारभूत ढांचा व्यवस्था जनसंख्या और मांग हैं रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री के आहवान से प्रेरणा लेते हुए रक्षा मंत्रालय के लिये एक सौ एक वस्तुओं की सूची तैयार की है

रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है

वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगाता बढ़ रही है

आज संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन है अतिआवश्यक सेवाओं की दुकाने खुली हैं और पुलिसकर्मी लॉकडाउन में घर से निकलने वालों से कड़ी पुछताछ कर रहे हैं

जिले में अब तक एक हजार से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं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

आधार नम्बर नीमच केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के आधार नम्बर फीड करने का कार्य चल रहा है